झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार बढ़ रही है राज्य में अबतक एक हजार एक सौ बासठ कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ चौबीस हो गई है राज्य के चार जिलों देवघर साहिबगंज द्मका तथा गोड्डा में कोविड का कोई सक्रिय मामला अभी नहीं है वहीं पांचवें जिले पलाम में सिर्फ एक मरीज पॉजिटिव है

इनमें गिरिडीह गढ़वा लातेहार पलामू खूंटी तथा बोकारो शामिल हैं आज लोहरदगा में एक मरीज के पॉजिटिव पाये जाने की पृष्टि हई है इधर राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती एक महिला समेत दो मरीजों की मौत हो गई इनमें से रामगढ़ के रजरप्पा का रहने वाला एक मरीज दो दिन पहले ही कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ था लेकिन अन्य बीमारियों की वजह से उसकी मौत हो गई वहीं राज्य में अबतक एक हजार आठ सौ संतान्बे मरीज मिले हैं जिसमें ग्यारह लोगों की अबतक मौत हुई है झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी शिब् सोरेन जहां पूरी तरह से निश्चित नजर आ रहे है वहीं दूसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रत्याशी सह प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर के बीच मुकाबला है भाजपा कांग्रेस के आला नेता पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं झामुमो ने दो अतिरिक्त मतों को भी सहयोगी कांग्रेस प्रत्याशी देने की जगह शिब् सोरेन को ही वोट करने की रणनीति बनायी है ताकि किसी भी तकनीकी कारण से एक दो मत रद्द भी होते हैं तब भी शिबू सोरेन की जीत सुनिश्चित हो सके हालांकि रणनीति के तहत झामुमो के कृछ सदस्य द्वितीय वरीयता का मत कांग्रेस प्रत्याशी को दे सकते है वहीं विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश की स्थिति मजबूत है

वहीं एनडीए में शामिल घटक दल आजसू पार्टी के दो विधायकों ने भी भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है साथ ही दो निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादवने भी समर्थन देने की घोषणा की है

उन्होंने बताया कि मतदान को लेकर बूथ बनाये गये हैं

इधर रांची जिला प्रशासन की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर विधानसभा परिसर के ईद गिर्द निषेधाज्ञा लागू की गयी इस अवसर पर किसी भी प्रकार का जुलूस रैलीप्रदर्शन घेराव पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी राज्यसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मदतान की तैयारी पूरी कर ली गई है महागठबंधन के दोनों प्रत्याषियों को जीत दिलाने के लिए सांगठनिक एवं रणनीतिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं

हजारीबाग जिला में कोरोना से पहली मौत हुई है हालांकि मौत के बाद मरीज के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई गुरुवार को उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने मृतक के पॉजिटिव होने की जानकारी दी और आईसीएमआर के प्रावधान के तहत शव का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया

कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है

जामताड़ा के लिए यह राहत देने वाली खबर है स्वस्थ हुए मरीजों को सात दिनों तक होम कोरंटीन में रहने की सलाह दी गई है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

कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के पेट्रो जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना मिल रही है जबकि कुछ हथियार और वायरलेस सेट भी बरामद किए गए हैं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारा गया नक्सली प्रद्मन दस्ते का है

कॉमर्सियल माइनिंग के खिलाफ धनबाद स्थित बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन के समक्ष विभिन्न मजदूर संगठनों ने आज रोषपूर्ण प्रदर्षण किया जिसमें पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक बच्चा सिंह ए के झा और सिद्धार्थ गौतम समेत कई ट्रेड यूनियन के नेताओं ने हिस्सा लिया संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कमर्शियल माइनिंग को मजदूर हित के खिलाफ बताया चीनी सैनिकों के हमले में लद्दाख की गलवान घाटी मे शहीद हुए झारखंड के बहरागोड़ा निवासी शहीद गणेष हांसदा का पार्थिव शरीर रांची एयरपोट पहुंचा रांची एयरपोट पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद हांसदा को श्रद्वांजलि दी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद हांसदा ने झारखंड का मान बढ़ाया है आज शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैत्रिक गांव कल सुबह सड़क मार्ग से भेजा जायेगा इस मौके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई मंत्री नेता और अधिकारी मौजूद थे साहिबगंज के सदर प्रखंड के डीहारी गांव के शहीद कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर देर रात तक साहिबगंज पहुंचने की संभावना है उनका पार्थिव शरीर दानापुर रेजिमेंटल सेंटर से पटना से सडक मार्ग से साहिबगंज पहंचेगा

साहिबगंज महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई चार की ओर से भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में सैनिक संघर्ष के दौरान बिहार रेजीमेंट के शहीद जवान कुंदन कुमार ओझा को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए साहिबगंज महाविद्यालय के परिसर में पांच पौधे लगाये गये शहीद कृंदन ओझा साहिबगंज महाविद्यालय के ही छात्र रह चके हैं और एनसीसी के भी कैडेट थे

कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि प्ररा देश शहीद जवान के बलिदान को याद रखेगा कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के पूर्व एएनओ डॉ ध्रुव ज्योति सिंह ने कहा कि उनकी शहादत साहिबगंज के लिए गौरव की बात है जिला परिषद के सिटी मैनेजर पुरुषोत्तम देव ने भी कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया बैंक मैनेजर सत्यजीत चक्रवर्ती ने बताया कि शहीद कदन ओझा साहिबगंज जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले में गहन स्वास्थ्य जांच सप्ताह की शुरुआत आज से की गई है

गिरिंडीह उपायुक्त ने इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार करने का आदेश सभी बीडीओ को दिया है

बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेंट लेबर एक्ट का पालन करते हुए ही कार्य करने का निर्देश दिया